केन्द्रीय गृह मुंत्री अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी और गैर कानूनी व्यापार पर रोक लगाने के निर्णायक पहुंच अपना रही है

उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिये हैं कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का ब्यौरा अपनी वैबसाईट पर अपलोड करें राजनीति के अपराधीकरण के मुददे को उठाने वाले अपमानना याचिका पर आदेश देते हए न्यायाधीश एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है पिछले चार आम चुनावों के दौरान राजनीति के अपराधीकरण में चिंताजनक वृद्धि हई है शीर्ष न्यायालय ने राजनीतिक दलों को यह निर्देश भी दिया है कि वे अपनी वैबसाईट पर कारण अपलोड करें कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवारों का चयन क्यूं किया है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लुबित हैं उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को फेसबुक और टवीटर जैसे सोशल मीडिया के माध्यमों और एक स्थानीय भाषा व एक राष्ट्रीय अखबार में भी दयह ब्यौरा प्रकाशित करने को कहा है

नई दिल्ली में बिम्सटेंक देशों के लिए मादक पदार्थों की तस्करी कर रोकथाम बारे आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए विभिन्न संगठनों के बीच तालमेल कायम करने के लिए रूपरेखा तैयार कर रही है उन्होंने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के प्रति कोताही बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है तथा देश में मादक पदार्थों के आयात और निर्यात की इजाजत भी नहीं दी जायेगी उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केन्द्र सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पूरी तरह समर्पित है गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नशा मुक्त भारत का सपना साकार होगा

उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दृष्कर्म और हत्या मामले में दोषी विनय शर्मा की दया याचिका दुकराने संबंधी सिफारिशों पर अवलोकन की अपील रद्द कर दी है आज दोषी की अपील रद्द करते हुए नयायमूति आर भानूमति न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना ने कहा कि दिल्ली के उप राज्यपाल और गृह मंत्री ने उसकी दया याचिका दुकराने संबंधी सिफारिश पर वास्तव में हस्ताक्षर किए हैं दोषी विनय शर्मा ने अपनी याचिका में राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका दुकराने को यह कहकर चुनौती दी थी कि उप राज्यपाल और गृहमंत्री ने दया याचिका दुकराने संबंधी सिफारिश पर हस्ताक्षर नहीं किए हरियाणा पुलिस को हाईटैक बनाया जायेगा

यह जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज रोहतक में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद दी

स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अनिल विज ने बताया कि प्रदेश भर में डाक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा

नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं

हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकूला की नई अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया समारोह के दौरान उपस्थित किसानों एवं मजदूरों को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों और मजदूरों के लिए कृत संकल्प है उन्होंने काह कि मंडियों में अनेकों सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं

नृंह में हमारे संवाददाता ने बताा कि कई वर्ष पूर्व तात्कालिन सरकार ने नूंह को चिकित्सा महाविद्यालय दिया थ तय प्रारूप के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय में डेंटल व नर्सिंग कॉलेज का भी प्रस्ताव था लेकिन कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में मैडीकल कॉलेज को ही शुरू करवा पाई जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब दंत महाविद्यालय बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है

पुलिस प्रवक्ता ने आज एक प्रैस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि एक सूचना के आधार पर देवीलाल पार्क के पास गश्त के दौरान एसीटीएफ सोनीपत की टीम ने चूरापोस्त की खेप बरामद की आरोपी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खिरी के शाहजहांपुर से मादक पदार्थ लाए थे जिसे गन्नौर इलाके में सप्लाई किया जाना था गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला बाराबांकी के गांव जैतपुर निवासी रामलखन उत्तर प्रदेश के गांव पलडी के मोहम्मद आतिक जिला सहारनपुर के गांव हसनपुर के रहने वाले सारून और अली हसन के रूप में हुई है